प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पिछला सारा रिकॉर्ड टूटा

सक्रिय मामलों की संख्या लगभग चौंसठ हजार हुई

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में अठारह वर्ष और इससे ऊपर की आयु के सभी लोगों के मुफ्त कोरोना टीकाकरण करने की घोषणा की है अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधन से एक मई से अठारह वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण करायेगी गौरतलब है कि राज्य में पूर्व से भी पैंतालीस वर्ष से ऊपर वालों को मुफ्त टीका दिया जा रहा है इधर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड इलाज के प्रोटोकॉल में संशोधन किया है प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने नये दिशा निर्देश के तहत कहा है कि प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर सभी स्वास्थ्य संसाधनों और कोरोना जांच केन्द्रों पर मेडिकल किट रखी जायेगी वहीं होम आईसोलेशन में रहने वाले सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को पांच रिपोर्ट के तुरंत बाद मेडिकल किट दी जायेगी इधर स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिनियुक्ति का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया है राज्य में अब तक बासठ लाख सड़सठ हजार चार सौ इक्यानवे लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान पचहत्तर हजार छह सौ इकहत्तर लोगों को टीका लगाया गया इनमें पचपन हजार दो सौ ग्यारह लोगों को पहली डोज जबकि बीस हजार चार सौ साठ लोगों को दूसरी डोज दी गयी है देश की प्रमुख टीका निर्माता कम्पनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है राज्य सरकारों को एक वैक्सीन के लिए चार सौ रूपये और निजी अस्पतालों को छह सौ रूपये देने होंगे भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कम्पनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केन्द्र की हाल की छूट के मद्देनजर यह घोषणा की है नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का पचास प्रतिशत केन्द्र को और पचास प्रतिशत राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अध्ययन में पता चला है कि स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से निपटने के लिए भी प्रभावी है भारत के कुछ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सार्स कोव टू के प्रति इसे प्रभावी पाया गया है राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने बताया है कि भारत बायोटैक की कोवैक्सीन में ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस को निष्प्रभावी करने की क्षमता है प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पिछला सारा रिकॉर्ड ट्रट गया है संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित उछाल देखा जा रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के बारह हजार दो सौ बाईस नये मामले सामने आये हैं जो एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक दो हजार नौ सौ उन्नीस नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं गया से आठ सौ इकसठ मामले सामने आये हैं सारण जिले में छह सौ छत्तीस पॉजिटिव मिले हैं जबकि चार जिले पश्चिम चम्पारण औरंगाबाद बेगूसराय और भागलपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पांच सौ से अधिक नये मामले सामने आए हैं राज्य के आठ जिलों में दो सौ से अधिक और तेरह जिलों में एक सौ से अधिक व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में छप्पन लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार आठ सौ संतानवे हो गया है वहीं इसी अवधि में चार हजार सात सौ चौहत्तर लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर इक्यासी दशमलव चार सात प्रतिशत है वर्तमान में तिरसठ हजार सात सौ छियालीस मरीजों का उपचार चल रहा है राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस के संबंध में शिकायत सुझाव और परामर्श को लिए चौबीस घंटे सातों दिन कार्यरत एक हेल्प लाईन नम्बर एक शून्य सात शून्य रिपीट एक शून्य सात शून्य जारी किया है इसके माध्यम से हर जिले में लोगों को जरूरत के आधार पर कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर में उपचार की सुविधा प्राप्त होगी इसके अलावा इस महामारी से बचाव के कई अन्य उपाय भी लोगों को बताये जायेंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हये अनुमंडल स्तर पर आईसोलेशन सेन्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है राज्य के इकतीस अनुमंडलों में तैंतीस आईसोलेशन सेन्टर का संचालन शुरू हो गया है इन सेन्टरों में दो हजार दो सौ संतानवे मरीजों के इलाज की व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रो ने बताया कि आईसोलेशन सेन्टरों की जिम्मेवारी वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारियों को सौंपी गयी है सभी केन्द्रों पर दवाई और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है इधर आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर राज्य के सभी अनुमंडलों में कोरेंटाईन सेंटर का काम शुरू हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी श्रमिकों से कोरेंटाईन सेन्टर में रहने की अपील की है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में बताया कि बाहर से आने वाले मजदूर समेत सभी तरह के लोगों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए राज्य सरकार शुरू से कृत संकल्पित रही है

इस नम्बर पर फोन कर सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध काम के बारे में जानकारियां ली जा सकती हैं

न्यायालय ने राज्य सरकार को हर दिन इस बात की सूचना सार्वजनिक करने को कहा है कि किस किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं ताकि लोगों के बीच भ्रंम की रिथति नहीं रहे एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हये न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति एम के शाह की खंडपीठ ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की क्या स्थिति है कितनी जरूरत है इसका ब्यौरा हर दिन पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाये पटना के बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में सेना के चिकित्सकों ने योगदान कर दिया है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि अभी यहां पचास बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित हैं श्री क्मार ने बताया कि राजेन्द्र नगर के नेत्र अस्पताल में सत्तर बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किये गये हैं कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना पर फैसला पंद्रह दिनों के लिए स्थगित कर दिया है गौरतलब है कि पंचायत चूनाव दो हजार इक्कीस के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अप्रैल के अंत में अधिसूचना प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा था आयोग के उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि चुनाव के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है आज से ही तीन दिनों तक चुनाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू होना था चक्रवाती हवा के प्रभाव से उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही गरज के साथ तेज बारिश हो रही है दरभंगा मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी सहित कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश होने के कारण खेतों में लगे गेहूँ की फसल आम और लीची के फसलों को नुकसान पहुंचा है इधर पटना और उसके आस पास के क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाये हुये हैं प्री मॉनसून गतिविधियों और पूरबा हवा के चलने से प्रदेश के उच्चतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि कम दबाव के क्षेत्र बने रहने के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और धूलभरी आंधी चलने की सम्भावना है इस दौरान गोपालगंज सीवान सुपौल सहरसा मधेप्रा पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिले में तेज बारिश हो सकती है कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है कोरोना की दूसरी लहर के बीच सुरक्षित यात्रा और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे तीस अप्रैल से कटिहार और अमृतसर के बीच सप्ताह में तीन दिन विशेष ट्रेन का परिचालन करेगा पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए कटिहार अमृतसर कटिहार मार्ग पर सप्ताह में तीन दिन चलने वाली विशेष ट्रेन का परिचालन कटिहार से प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा

दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण का शीर्षक है प्रदेश में संक्रमण दर ग्यारह प्रतिशत के पार मिले बारह हजार से अधिक नए केस इसी खबर को हिन्दुस्तान अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है राज्य में अगले दस दिनों में दो लाख नये केस आयेंगे दैनिक भास्कर की सुर्खी है निजी अस्पतालों में बेड खाली ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना मरीजों को नहीं कर रहे भर्ती अखबार लिखता है ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी पर मिल रही डिमांड की आधी कोरोना काल में एम्बुलेंस द्वारा मनमाना किराये की खबर को प्रभात खबर ने सुर्खी बनाते हुये लिखा है आपदा में लूट तीन किलोमीटर का बारह हजार रूपये वसूल रहे हैं एम्बुलेंस चालक

प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पिछला सारा रिकॉर्ड टूटा

सक्रिय मामलों की संख्या लगभग चौंसठ हजार हुई